प्रदेश में चैत्र नवरात्रे की अष्टमी आज वहीं कुछ स्थानों पर रामनवमी का पर्व भी आज मनाया जा रहा है

चार सीटों पर कल एक भी नामांकन नहीं भरा गया कल नामांकन पत्र भरने वालों में करौली धौलपुर से भाजपा के मनोज राजौरिया और सीकर से कांग्रेस के सुभाष महरिया प्रमुख हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने लोगों से झुठा वादा करते हुए सत्ता हासिल कर ली इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने पिछले पांच साल में कुछ नहीं किया है कल गंगानगर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना देश के लिए फायदेमंद साबित होगी बाद में सीकर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति मिलकर काम करने की है

सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि जब्त राशि को कोष कार्यालय में जमा करा दिया गया है

कल नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फांऊडेशन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमन ने रक्षा मंत्रालय में अनुसंधान और विकास कार्यो में तेजी पर खुशी व्येक्त की

यह सम्मान उन्हें रूस और भारत सरकार और जनता के बीच विशेष सदभाव और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है

श्री सूर्य प्रकाश ने कहा कि इंटरनेट आने से पहले के दौर में बाबा साहेब ने भारतीय संविधान तैयार करने में जिस तरह का शौध कार्य किया वह वास्तव में असाधारण है उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता में बाबा साहेब का योगदान सही अर्थों में महान है

नरसंहार की इस घटना के आज सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं श्री नायड् इस मौके पर स्मारक सिक्को और डाक टिकट भी जारी करेंगे

आज सुबह मंगला आरती की गई जिसमें बडी संख्या में श्रद्वालुओं ने भाग लिया वहीं प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर रामनवमी का पर्व आज मनाया जा रहा है और कई स्थानों पर कल मनाया जायेगा राज्यपाल कल्याण सिंह ने रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं श्री सिंह ने कहा है कि रामनवमी के पावन पर्व पर हम सभी को समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेने के साथ परस्पर प्रेम और सौहाई को बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना चाहिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामनवमी के पावन पर्व पर कहा है कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का जीवन सेवा त्याग सामाजिक समरसता की स्थापना के साथ ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने का अनुपम उदाहरण है भगवान श्री राम ने न्याय और सत्य को समाज में प्रतिस्थापित किया

अब ज्यादातर काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने लगा है और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में सारे काम का ओटोमेशन हो जाए उन्होंने कहा कि इन बदलावों के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिये और इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिये

न्यास के सहायक निदेशक ने पत्रकारों को बताया कि अजमेर में पहली बार ये मेला लगाया जा रहा है

इसमें हिंदी अंग्रेजी उर्दू भाषाओं की पुस्तकें साहित्य प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेगी

अब प्रदेश में अभियान चलाकर चिकित्सा संस्थानों में इन सुविधाओं और साफ सफाई की स्थिति का आकलन किया जाएगा और कमी मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

एक शादी के समारोह में भोजन खाने के बाद लोगो को उल्टी दस्त और पेटदर्द की शिकायत होने लगी थी ग्रामीणों की मदद से इनको कट्रमर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया घटना के बाद चिकित्सा दलों को मौके पर भेजा गया